लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट मंदिर के निर्माण से संबंधित फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा श्री मोदी ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रियाओं पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह हिन्दू मुसलमान सिख ईसाइ बौद्व पारसी या जैन हो एक ही परिवार का सदस्य है

मुख्य आयकर आयुक्त मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के करदाताओं में टैक्स चोरी की सोच में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है

यह बात मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अजय कुमार चौहान ने कहीं

जिनमें हवाले का कनेक्शन सामने आया ऑपरेशन क्लीन मनी के मद्देनजर इस अभियान को चलाया गया था जिसमें विभाग को बड़ी सफलता मिली है

इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं मिला वहीं अशोकनगर सीएमएचओ ने बताया कि ईसागढ़ तहसील में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदिग्ध मामला सामने आया है यह व्यक्ति कुछ दिन पहले ही चीन से भारत लौटा है इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जिनमें कोरोना से संबंधित संदिग्धों की जांच की जा रही है मौसम राज्य के कई हिस्सों में तेज ठंड के साथ बारिष भी हो रही है सिवनी बालाघाट रीवा और मंडला के कुछ हिस्सों में बारिष हुई अनूपपुर में कल हुई बारिष के बाद आज सुबह से ही कोहरे से दृष्यता घट गई जिले में ठिदुरन से लोग हलाकान हैं उमरिया संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार उमरिया में भी ब्रंदाबांदी होने से यहां भी घना कोहरा छाया रहा उधर शहडोल में भी बारिष हुई

बारिष के साथ ही पारा भी तेजी से गिरा है

हाई कोर्ट ने आज कहा तब तक आयोग नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकता है